राज्य में सक्रिय मरीजों से दोगुनी हुई ठीक होने वालों की संख्या स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बढ़कर करीब सड़सठ प्रतिशत पहुंचा रामगढ़ जिले के चुटूपालू और पिठौरिया घाटी में अलग अलग सड़क हादसे में तीन की मौत चार लोग घायल

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में नौ सौ सड़सठ कोरोना संक्रमित मरीज मिले

इस दौरान सात सौ चौवन लोगों ने कोरोना को मात दी इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गयी है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिषत बढ़कर छियासठ दशमलव सात दो प्रतिशत पहंच गया है राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या नौ हजार सात सौ चौबीस है जबकि बीस हजार एक सौ छेह लोग स्वस्थ हो चुके है वहीं राज्य में कोरोना संकमण से मरने वाले की संख्या बढ़कर तीन सौ अठठारह हो गयी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है

मंत्रालय ने कहा कि गंभीर रोगियों का अस्पताल में प्रभावी उपचार और हल्कें लक्षण वाले रोगियों को घर में ही पृथकवास में रखने संबंधी केन्द्र की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने से ऐसा संभव हुआ है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

लेकिन आने वाले लोगों को सरकार की ट्रेवल संबंधी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेषन कराना आवष्यक है ताकि यह पता चल सके कि वह व्यक्ति राज्य के किस हिस्से में जा रहा है और किस प्रयोग से झारखंड आया है

सत्रह जुलाई को इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जो आदेष जारी किया गया था उसमें राज्य में आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेषन कराने की बात कही गयी थी रजिस्ट्रेषन में आने वाले व्यक्ति का पूरा पता मोबाइल नंबर और उम्र अंकित रहेगा पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण काल में सरकारी स्कूल बंद रहने के दौरान भी पढ़ने वाले बच्चों का विषेष ध्यान रखा जा रहा है

राज्य के कृषि निदेषक मनोज कुमार ने कहा है कि यूरिया खाद की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कृषि निदेषक ने बताया कि राज्य में बियालीस हजार टन यूरिया खाद की जरूरत है इसकी तुलना में करीब इक्कीस हजार टन खाद आ गया है एक रैक यूरिया कल रांची पहुंचा है अगले दो से तीन दिनों के अंदर और दो रैक यूरिया झारखंड आएगा अगले दो तीन दिनों में एक रैक डालटनगंज आ सकता है

इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई इसके अलावा एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए दूसरी तरफ रांची रामगढ़ मार्ग भाया पिठौरिया घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा है कि यह बैठक आज ग्यारह बजे वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित होगी बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के अलावा देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने कल वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नये निविदा दस्तावेज में स्थानीय उपकरणों का प्रावधान सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है

श्री यादव ने बताया कि निविदा समिति ने प्राप्त बोलियों का आकलन करते हुए पाया कि इनमें कुछ वित्तीय पेशकश लीक हुई है पूरी तरह पारदर्शिता बनाये रखने के लिए निविदा समिति ने इसे रद्द कर नये सिरे से निविदा जारी करने की सिफारिश की रेल मंत्रालय ने कहा था कि नई निविदा एक सप्तााह के अंदर संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुरूप जारी की जायेगी जिसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गयी है नई निविदा में सभी तीनों निर्माण इकाईयों आईसीएफ चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री कप्रथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में रेल डिब्बों और उपकरण तैयार किये जाने का प्रावधान है बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले अड़तालीस घंटे में राज्य के अधिकांष हिस्सों में निम्न दबाव का असर रहेगा और छब्बीस और सताईस अगस्त को पूरे राज्य में बारिष हो सकती है इस दौरान वजपात होने की भी संभावना है मौसम पूर्वनुमान के अनुसार पच्चीस अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा सरायकेला खरसावा देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड़डा जामताड़ा पाकुड़ और साहेबगंज में एक दो जगह भारी बारिष हो सकती है जबकि छब्बीस और सताई अगस्त को रांची बोकारो गुमला हजारीबाग खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा सदर प्रखंड के औद्योगिक इलाके की अत्यंत जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखने से उद्योगपतियों में आशा का संचार हुआ है

अस्पताल कर्मियों को इसकी जनाकारी तब हुई जब मरीज का हालचाल जानने स्वास्थ्य कर्मी वार्ड पहुंचे आरोपी विक्षिप्त को पुलिस की निगरानी में रखा गया है

सूचना पाकर विधायक बुंडू स्थित आवास पहुंचे और अंगरक्षकों से पूछताछ की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि मृतक की तबियत कुछ समय से खराब थी सहकर्मियों के अनुसार वह लगातार दवा भी ले रहा था कल तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई तो उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित केर दिया रांची पुलिस द्वारा मृतक के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी

वहीं राज्य में बढ़ रहे लगातार कोरोना संकमण पर भी अपनी पैनी निगाह रखी है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर कांग्रेस कार्यसमिति की आज होने वाली बैठक के पहले पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव के लिए उठी आवाज के शीर्षक को जगह दी है दैनिक हिंदुस्तान ने कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीज से दोगुनी हुई ठीक होने वालों की संख्या को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने ढ़ाई माह में पहली बार कोरोना संकमण की दर गिरकर छह दशमलव सात प्रतिशत होने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है दैनिक जागरण ने राज्य सरकार द्वारा बस संचालकों के छह महीने के टैक्स को माफ करने के प्रस्ताव की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भारत शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

अंग्रेजी दैनिक संडे टाइम्स ने कृषिमंत्री बादल पत्रलेख की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है